स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी हुए कोरोना संक्रमित

इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर पच्चीस हजार तीन सौ तैंतीस पहुंच गई है

वहीं दूसरी ओर राज्यभर में कल नौ कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या दो सौ पैंसठ पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी संक्रमित पाए गए उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है वहीं आजसू प्रमुख सिल्ली विधायक और पूर्व मंत्री सुदेश महतो ने भी सोशल मीडिया पर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है राजधानी रांची में मंगलवार को रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग ड्राइव का सफल संचालन किया गया इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग ड्राइव चलाया गया जिसमें दस हजार एक सौ एक नमूनों की जांच की गई इस दौरान दो सौ अड़तालीस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए जबकि नौ हजार आठ सौ तिरेपन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने कल रांची में हुई बैठक में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है जबकि शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए मुहर्रम के अन्य धार्मिक क्रियाकलाप होंगे इसमें नजर व नियाज शामिल हैं बैठक की अध्यक्षता हाजी अब्दुल कादिर रब्बानी ने की इस बैठक में धोताल अखाड़ा रांची और इमाम बख्श अखाड़ा रांची के प्रमुख खर्लीफा की मौजूदगी में जुलूस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया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

उन्होंने कहा कि यह ऊष्ण कटिबंधीय और विषाणु जनित बीमारियों का मौसम है इसलिए अधिक ऐहतियात बरतने की जरूरत है

राज्य मंत्रिपरिषद ने पश्चिमी सिंहभूम के सात लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकारी उपकमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर कल स्वीकृति प्रदान कर दी

इनमें शाह ब्रदर्स रूंगटा माइंस समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं सरकार अब अपने माध्यम से इन खदानों के खनन और वितरण का कार्य संचालित करेगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कुल आठ प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी

शराब व्यवसायियों को अब उन्हें वास्तविक उठाव के हिसाब से ही राजस्व का भुगतान करना होगा इसके साथ ही कोडरमा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के बाद संबंधित कर्मी गौतम प्रताप के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई मुख्यमंत्री के आदेशपालों के लिए वर्दी खरीदने की राशि बढ़ाने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई

झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा श्री तिवारी टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य कोच हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए बनी कमेटी द्वारा श्री तिवारी के नाम की घोषणा कर दी गयी है इस सम्मान की घोषणा के साथ ही झारखंड के खेलप्रेमियों में खूशी की लहर है

धर्मेद्र तिवारी के नाम कई उपलब्धियां रही हैं

वे कई खिलाडियों का कृशल मार्गदर्शन कर चुके हैं रांची की दीपिका ने इन्हीं के मार्गदर्शन में ओलंपिक तक का सफर तय किया है इनके अलावा डोला बनर्जी लक्ष्मी रानी मांझी रीना कुमारी बी परिणीता जयंत तालुकदार और अतनु भी ओलंपिक तक का सफर तय कर चुके हैं

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कम संख्या में प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण के बारे में मीडिया में आ रही खबरों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ऐसी खबरें वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आने वाले प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक संख्या किसी भी ऐजेंसी के पास उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी राज्यों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न की अधिक मात्रा आवंटित की गयी पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में पुलिस पर एक बच्ची को पटक कर जान मारने का आरोप है इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया है पांकी के पुलिस निरीक्षक प्रमोद रंजन कांड के आईओ हैं प्रमोद रंजन अबतक की जांच से संबंधित दस्तावेज सीआईडी को सौंपेंगे

खूंटी जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है इसे लेकर सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने एनएच पचहत्तर का निरीक्षण किया

एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझावों की प्रतीक्षा है

वहीं रांची खूंटी समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव बन रहा है

और अब संक्षिप्त खबरें झारखंड उच्च न्यायालय ने दंत चिकित्सकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जेपीएससी से जवाब मांगा है साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के ईटा गांव में रांची ग्मला मुख्य मार्ग पर कल सड़क द्र्घटना में गुमला के एक बैंककर्मी की मौत हो गई

स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव शामिल हुए कैबिनेट की बैठक में सुदेश महतो भी हुए कोरोना संक्रमित शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सुदेश महतो समेत राज्य में एक हजार दो सौ छियासठ नए मरीज

इसी पर अंग्रेजी दैनिक द टाईम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित होने के बाद रिम्स में भर्ती सुदेष महतो होम आइसोलेशन में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सूबे में अभ्रक का खनन दोबारा शुरू करने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है मुख्यमंत्री द्वारा पावर ग्रिड सबस्टेशनों और संचरण लाईन के उद्घाटन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है डीवीसी पर निर्भरता घटेगी उच्चतम न्यायालय द्वारा पीएम केयर्स की राशि को आपदा राहत कोष में दिये जाने पर रोक की खबर को हिन्दुस्तान टाईम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है